इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर पहाड़ी राज्यों के लिए ठोस नीति बनाने और उच्च मार्गों का मुददा उठाया नितिन गडकरी ने संबंधित अधिकारियों को उच्च मार्गों के निर्माण की औपचारिकताएं शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए

नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग व अपने मंत्रालय से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेश के अधिकारियों के साथ मई माह के पहले सप्ताह में शिमला में बैठक करने के निर्देश भी दिए किशन कपूर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने अपने विभाग में सौ दिनों का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने का दावा किया है

किशन कप्र ने कहा कि राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए मोबाईल एप्प और व्यवसायियों के लिए वैबसाईट विकसित कर ली गई है किशन कपूर ने कहा कि हिमाचल गृहणी सुविधा योजना के तहत बिना गैस कनैकशन वाले परिवारों को मुफ़त गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लिए एक मुश्त धनराशि उपलब्ध करवायी जाएगी उन्होंने कहा कि हिमाचल को मिट्टी तेल का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्रीय पैट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखा है और वे केंद्रीय मंत्री से मिलने जल्द ही दिल्ली जाएंगे मारकंडा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे कांगड़ा चाय उद्योग को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाएगी जिसके लिए सरकार चीन की एनजीओ से बातचीत कर रही है ये बात कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कांगडा के चाय भवन काल दी हटटी में चाय बागवानों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में कही उन्होंने कहा कि कांगड़ा चाय स्वाद में दार्जलिंग चाय से अधिक स्वादिष्ट है लेकिन तकनीक की कमी और सही मार्केटिंग न होने से चाय बागवानों को इसके उचित दाम नहीं मिल पाते मारकंडा ने कहा कि कांगड़ा चाय उद्योग को विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे उन्होंने कहा कि चाय उद्योग के उत्थान से प्रदेश के हजारों परिवार लाभान्वित होंगे

ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड़डा ने सांसद आदर्श ग्राम पंचायत के तहत गोद ली गई बालीकोटी पंचायत में एक जनसभा को संबोधित करते हए दी उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत बालीकोटी पंचायत की काया पल्ट कर दी जाएगी उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विकास का मुख गांव की ओर मोडा है

अग्निहोत्री कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना के एडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेज कर हरोली में दो पुलिस कर्मियों की मौत की जांच की मांग उठाई है उन्होंने कहा कि पालकवाह व भदसाली में दो पुलिस कर्मियों के मामले अब सरकार के सामने है जिसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए